सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निःसंकोच टीका लगवाएं सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखे हाथ और मुंह साफ रखें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्यारह अप्रैल से चौदह अप्रैल तक व्यापक जन टीकाकरण कार्यक्रम संचालित करने और इसे उत्सव के रूप में मनाने का आह्वान किया है ग्यारह अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फूले और चौदह अप्रैल को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आंबेडकर की जयती है श्री मोदी ने युवाओं से आगे आने और वरिष्ठ नागरिकों और अन्य लोगों की मदद करने की अपील की जिन्हें कोविड टीकाकरण के लिए सहायता की आवश्यकता है ग्यारह अप्रैल ज्योतिबा फूले जी की जन्म जयंती है और चौदह अप्रैल बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्म जयंती है क्या हम ग्यारह अप्रैल से चौदह अप्रैल पूरे अपने राज्य में टीका उत्सव मना सकते हैं एक पूरा वातावरण क्रियेट कर सकते हैं टीका उत्सव का एक विशेष अभियान चलाकर हम ज्यादा से ज्यादा एलीजब्ल लोगों को वैक्सीनेट करें

टीका उत्सव में जीरो वेस्टेज को भी हमारी वैक्सीनेशन कैपसिटी को बढ़ा देगा कल शाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड़ स्थिति पर चर्चा करते हुए श्री मोदी ने संक्रमण के बढ़ते मामलों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए छोटे कंटेनमेंट जोन बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया उन्होंने राज्यों से युद्वस्तर पर अपने प्रयास तेज करने का आग्रह किया प्रधानमंत्री ने कहा कि चुनौतीपूर्ण स्थिति फिर से उभर रही है केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डाक्टर हर्षवर्धन ने देश में बढते कोविड मामलों पर चिन्ता व्यक्त की है उन्होंने कहा कि कोविड के प्रति लोगों के लापरवाहीपूर्ण रवैये से नये मामलों में तेजी आई है

उन्होंने कहा कि देश में पन्द्रह हजार से अधिक स्वास्थ्य देखभाल केन्द्र है और कोविड रोगियों के लिए अट्टारह लाख से अधिक बिस्तर हैं टीकाकरण पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भारत में टीका लगाने की दर काफी तेज है अब तक नौ करोड तिरासी लाख से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है उन्होंने कहा कि पिछले सप्ताह विभिन्न प्राथमिकता वाले समूहों को एक दिन में तिरासी लाख टीके लगाये गये जो विश्व में सबसे अधिक है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कोविड नाइन्टीन के प्रसार पर रोक लगाने के लिए सभी प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं उन्होंने कहा कि लखनऊ प्रयागराज वाराणसी और कानपुर नगर के सभी सरकारी और निजी प्रतिष्ठानों में एक दिन में केवल पचास प्रतिशत कर्मचारी ही आएं और रोस्टर बनाकर यह व्यवस्था लागू की जाए लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर आज प्रदेश में कोविड नाइन्टीन की स्थिति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता और सैनिटाइजेशन का कार्य अभियान चलाकर किया जाए श्री योगी ने राज्य में कोविड नमूनों की जांच का काम भी तेज गति से करने के निर्देश दिए हैं उन्होंने कहा कि प्रतिदिन दो लाख नमूनों की जांच की जाए इनमें से कम से कम एक लाख जांच आरटीपीसीआर विधि से की जाए

उन्होंने जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक दिशानिर्देश दिए मुख्यमंत्री ने चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मियों से भी बातचीत की उन्होंने कहा कि कोविड नाइन्टीन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं ऐसे में स्वास्थ्यकर्मियों को सावधानी के साथ कार्य करना होगा श्री योगी ने स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय के कोविड वार्ड का भी निरीक्षण किया उन्होंने जिलाधिकारी को मेडिकल कॉलेज में एल टू और एल थ्री की क्षमता में युद्धि सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि इसके लिए आवश्यक मांग पत्र तत्काल शासन को भेजा जाए गोरखपुर सदर से सांसद रवि किशन ने आज जिला चिकित्सालय में कोविड का पहला टीका लगवाया टीकाकरण के बाद उन्होंने कहा कि देश में वैक्सीन की कमी नहीं है और केंद्र तथा राज्य सरकार सभी को टीका उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्द हैं उन्होंने लोगों से कोविड से बचाव के लिए सभी उपाय करने की अपील की सांसद ने कहा कि मास्क लगाना दो गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखना और साबुन पानी से हाथ साफ करते रहने से कोरोना के प्रसार को नियंत्रित किया जा सकता है